प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है और दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी चुनौती है

सम्मेलन का आयोजन सउदी अरब ने किया है श्री मोदी ने कहा कि कोरोना से उबरने के बाद नया वैश्विक सूचकांक बनाने की आवश्यकता होगी जिसमें प्रतिभाओं का विशाल पूल हो तकनीक की पहुंच समाज के हर वर्ग तक हो पारदर्शी शासन व्यवस्था हो और पृथ्वी के संरक्षण का माव हो

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशकों में पूंजी और वित्त पर अधिक जोर रहा है लेकिन अब कौशल पर जोर देने का समय है ताकि प्रतिभाओं का विशाल प्रल तैयार हो सके इससे नागरिकों की मर्यादा तो बढ़ेगी ही संकट काल से मुकाबले के लिए भी लोगों का संकल्प दृढ़ होगा उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी नई तकनीक का मुल्यांकन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि उससे जीवन कितना आसान और बेहतर होगा श्री मोदी ने शासन व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने की अपील की ताकि लोग साझा चुनौतियों से मुकाबले के लिए प्रेरित हों और उनका आत्मविश्वास बढ़े उन्होंने यह भी कहा कि हमें स्वयं को पर्यावरण और प्रकृति का स्वामी न समझकर उनका संरक्षक बनना होगा इससे लोग अधिक संतुष्टिदायक और स्वास्थ्यकर जीवन जीने के लिए प्रेरित होंगे प्रति व्यक्ति कार्बन फ्टप्रिंट के आधार पर इस सिद्धांत पर अमल किया जा सकता है

राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू इसका उदघाटन करेंगी जबकि मुख्यअतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपस्थित रहेंगे कार्यक्रम के दौरान उत्कष्ट विधायक और उत्कष्ट कर्मी को सम्मानित किया जाएगा उत्कष्ट विधायक के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नलिन सोरेन को सम्मानित किया जाएगा

इस बार कवि सम्मेलन और संगीत कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा रहा है

से स मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तरह अन्य विद्यालयों को भी बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है लातेहार प्रवास के दौरान उन्होंने कहा कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय ना सिर्फ झारखंड बल्कि देश के गौरवशाली और प्रख्यात विद्यालय के रूप में जाना जाता है इस विद्यालय ने समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में अलग पहचान बनाई है कल विद्यालय परिवार की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री ने ये बातें कहीं श्री सोरेन ने आवासीय विद्यालय परिसर और लाइब्रेरी का अवलोकन करने के साथ ऑडिटोरियम परिसर में पौधरोपण किया

सरकार ने हाईकोर्ट के पूर्ण पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विर्शेष अनुमति याचिकाएसएलपी दायर की है हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई की तिथि अभी निर्धारित नहीं की है

हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिन शिक्षकों की नियुक्ति रद्द की गयी है वह पहले ही सुप्रीम कोर्ट गए हैं शिक्षकों की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्टे ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है

मृतकों में पूर्वी सिंहभूम हजारीबागजामताड़ा गोड्डा से एक एक और रांची से दो मरीज शामिल हैं

इनमें दो हजार चार सौ तीस संक्रिय केस हैं और एक लाख तीन हजार नौ सौ सनतावन मरीज ठीक हुए हैं जबकि नौ सौ पैंतीलीस कोरोना मरीज की मौत हुई हैं प्रदेश में अबतक जांच के लिए उनचालीस लाख से अधिक नमूनों का संग्रह किया गया है जिनमें अड़तीस लाख पनचानबे हजार से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है कल बारह हजार से अधिक सैंपल की जांच हुई

घर जाने से पहले उन्हें होम क्वॉरेंटाइन कोरोना संबंधित किसी प्रकार के लक्षण दिखने पर जिला नियंत्रण कक्ष सदर अस्पताल कंट्रोल रूम या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करने के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई

से स लोहरदगा जिला मे धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है

स्थापना दिवस समारोह की शरूआत नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर एक कार्यक्रम में जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करके की गई इस मौके पर रक्षा सचिव अजय कुमार और एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा ने शहीदों को पूष्यांजलि अर्पित की कार्यक्रम में रक्षा सचिव ने कहा कि एनसीसी कैडेट ने कोरोना योद्वाओं के रूप में कोविड महामारी को दौरान इससे निपटने के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक करके निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दीं उन्होंने कहा कि एनसीसी कैडेट और इससे जुड़े अधिकारियों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत आत्मानिभर भारत और फिट इंडिया जैसी गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर भाग लिया

नगरोटा मुठभेड़ पर पाकिस्तान को चेताया शीर्षक के साथ आतंकी साजिश को लेकर दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के कार्यकारी प्रमुख को तलब करने की खबर को हिन्दुस्तान ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है राज्य सरकार ने दी हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती इस शीर्षक के साथ दैनिक जागरण ने नियोजन नीति से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर ने झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस आज इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है पिछले दस दिनों में देश में किए गए एक करोड़ से अधिक कोरोना टेस्ट इस खबर को रांची एक्सप्रेस ने अपनी पहली सुर्खी बनायी है